भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ी लाल मीना ने राजस्थान में निवास के प्रमाण पत्रों के नाम पर जंगलों से अनुसूचित जनजाति के लोगों के निर्वासन को रोकने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया भारतीय जनता पार्टी सांसद के जे अलफोंस ने कहा कि मुद्रा और उज्जवला योजना से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है कांग्रेस नेता आनन्द शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को निराशाजनक और देश की जमीनी हकीकत से बहुत दूर बताया बहुजन समाज पार्टी के सदस्य वीर सिंह ने आख्वण को सही मायने में लागू करने की सरकार को सलाह दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में कहा कि पिछले कुछ चुनाव में मतदाताओं ने स्थिरता को बल दिया लोकतंत्र के लिये यह बहत सुखद है

केन्द्र सरकार भारतीय उद्योग और व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करती रहेगी यह आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दिया है अमरीका द्वारा वरीयता की सामान्य प्रणाली को वापस लिए जाने के प्रश्न पर उन्होंने ने कहा कि सरकार देश की सुरक्षा और संप्रभूता से कभी समझौता नहीं करेगी

राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद सयुक्त रूप से संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए बारह हजार करोड़ रूपये की जरूरत है सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सिविल कार्यो के लिए तीन हजार करोड़ रूपये के बैंक कर्ज को मंजूरी दी है बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के विलय हो जाने से दो हजार करोड़ रूपये का लोन लेने के लिए अलग डाक्यूमेंट प्रकिया बनाने पर सहमति दी गयी बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरह मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि सीधे राज्य स्तर से लाभार्थियों के खाते में भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी इसके साथ ही सरकारी प्रिंटिंग का काम निजी क्षेत्र की एजेंसी को देने और प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में कांफ्रेंस हॉल के निर्माण हेतु पैतालीस करोड़ निन्यानन्बे लाख अट्ठासी हजार रूपये की मंजूरी दी इसके अलावा परिसर में मल्टी लेबल पार्किंग इत्यादि कार्य के लिए पांच सौ छत्तीस करोड़ रूपये की भी स्वीकृति प्रदान की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए फिर कड़े निर्देश दिये हैं शासन द्वारा जारी निर्देशों में सभी जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलों में स्कूली छात्राओं की सुरक्षा के लिए बालिका सुरक्षा टीम बनायी जाये तथा यह अभियान पूरे जुलाई महीने चलाया जाये इस टीम में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेषज्ञ शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के तहत तीस जून को सवेरे ग्यारह बजे देश और विदेश में बसे भारतीयों से अपने विचार साझा करेंगे नरेन्द्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मन की बात का यह पहला संस्करण होगा एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे तथा देशवासी एक बार फिर रेडियो के माध्यम से मिलकर एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की सामुहिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मकता और उत्साह साझा करेंगे प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं लोग नमो ऐप खुला मंच और माइ गोव खुला मंच के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से सीधे विचार साझा कर सकते हैं लोग टॉल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल करके भी हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं